एक अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल बाईस बैठकें होंगी

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की विविधता देश के हर व्यक्ति को गर्व से भर देती है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि देश की विशालता और विविधता देश के लोगों के लिए प्रेरणा का च्रोत है प्रधानमंत्री ने दिल्ली के हुनर हाट के अपने हाल के दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि यह देश की विशालता संस्कृति परपराओं खान पान और भावनाओं की विविधता का दर्पण है इस हाट में प्रदर्शित पारम्परिक वस्त्र हस्तशिल्प कृतियां कालीन बर्तन बांस और पीतल के उत्पाद और संगीत वाद्य यंत्र समूचे भारत की कला तथा संस्कृति की अनोखी झलक प्रस्तृत करते हैं उन्होंने कहा कि इन शिल्पकारों की साधना लगन और अपने हुनर से प्रेम की कहानियां बहुत प्रेरणादायक हैं हुनर हाट में एक दिव्यांग महिला की बातें सुनकर बड़ा संतोष हुआ उन्होंने मुझे बताया कि पहले वो फुटपाथ पर अपनी पेन्टिंग्स बेचती थी लेकिन हुनर हाट से जुड़ने के बाद उनका जीवन बदल गया आज वो ना केवल आत्मनिर्भर है बल्कि उन्होंने खुद का एक घर भी खरीद लिया है प्रधानमंत्री ने कहा हुनर हाट के माध्यम से लगभग तीन लाख हस्तशिल्पियों को रोजगार के अवसर मिले हैं श्री मोदी ने कहा कि लोगों को ऐसी प्रदर्शनियों को देखना चाहिए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 उन्होंने कहा कि हमारे देश में साहसपूर्ण खेलों के लिए असीमित अवसर हैं श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे अपनी रूचि के अनुसार किसी शारीरिक और साहसपूर्ण गतिविधि को चुनें छग विस बजट सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से शुरू होगा एक अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल बाईस बैठकें होंगी पहले दिन दिवंगत सांसद और विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी बजट सत्र में वित्तीय कार्य के साथ ही अन्य शासकीय कामकाज भी संपादित किए जाएंगे इस सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए वार्षिक बजट पेश किया जाएगा इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से कुछ संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे इस सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने करीब उन्नीस सौ से ज्यादा सवाल लगाए हैं राज्यपाल सम्मेलन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि मेक इन इंडिया की अवधारणा को साकार करने की दिशा में आदिवासी औद्योगिक संवर्धन और संचालन सम्मेलन एक महत्वपूर्ण पहल है आज रायपुर में आयोजित आदिवासी औद्योगिक संवर्धन और संचालन सम्मेलन का आयोजन किया गया इस अवसर पर सुश्री उइके ने अपने उद्बोधन में कहा कि आदिवासी समाज द्वारा कंपनी बनाकर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है वह सराहनीय पहल है सुश्री उइके ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में जो भी परियोजना और उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं वहां विस्थापन होने की स्थिति में मुआवजा जमीन और रोजगार अनिवार्य रूप से लोगों को दिए जाएं कार्यक्रम का आयोजन ट्राईबल कोल फील्ड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आयोजित किया गया था इसमें द्राईबल कोल फील्ड के चेयरमेन सुप्रभा मुर्मू और नेपाल के पूर्व सांसद शिव नारायण उराव सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए राष्ट्रीय कृषि मेला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के तुलसी बाराडेरा में आज राष्ट्रीय कृषि मेला का शुभारंभ किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कृषि समितियों को सम्मानित किया पच्चीस फरवरी तक चलने वाले इस मेले में कृषि उपज से संबंधित विभिन्न सामानों उपकरणों और उन्नत किस्म के अनाजों तथा फल सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना का जीवंत प्रदर्शन भी किया जाएगा मेले में उन्नत कृषि के लिए विशेषज्ञों की परिचर्चा का आयोजन किया गया है इसमें किसान अपनी समस्याओं का समाधान भी विशेषज्ञों से प्राप्त कर सकेंगे यह प्रदर्शनी सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक खुली रहेगी

इसी कड़ी में दुर्ग स्थित केन्द्रीय विद्यालय चरौदा के छात्र छात्राएं गुजराती वर्णमाला सीख रहे हैं इस अभियान के जरिए उन्हें गुजरात की संस्कृति को जानने और समझने का अवसर मिल रहा है इस संबंध में केन्द्रीय विद्यालय चरौदा में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि स्कूल में छात्रों को गुजराती भाषा की वर्णमाला सिखाई जा रही है

इस अभियान के तहत हाल ही में अहमदाबाद के होटल प्रबंध संस्थान के विद्यार्थियों का दल रायपुर प्रवास पर आया इस बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पर्यटन तथा होटल प्रबंध संस्थान की प्रोफेसर दुर्गेश नंदनी परिहार और होटल प्रबंध संस्थान अहमदाबाद की व्याख्याता यशोधरा पंडा तथा ललित वाघेला से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे कृमि मृक्ति दिवस राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर कल प्रदेश में करीब एक करोड़ चौदह लाख बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजॉल की गोली खिलाई जाएगी राज्य टीकाकरण अधिकारी अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि स्कूलों और आंगनबाड़ियों में एक से लेकर उन्नीस वर्ष तक के बच्चों को यह दवा खिलाई जाएगी जिन लोगों को दवा खिलाई जाएगी उनमें निजी स्कूलों के सत्रह लाख चौव्वन हजार विद्यार्थी और स्कूल नहीं जाने वाले पच्चीस लाख बावन हजार बच्चे शामिल हैं जो बच्चे कल कृमिनाशक दवा नहीं खा पाएंगे उनके लिए अट्ठाईस फरवरी को मॉप अप राउंड संचालित किया जाएगा जहां घर घर जाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता बच्चों को कृमिनाशक गोली खिलाएंगे अजीत जोगी तबीयत पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रमुख अजित जोगी को आज राज्य सरकार के विशेष विमान से अंबिकापुर से रायपुर लाया गया उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है आज अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट से विशेष विमान के जरिए उन्हें रायपुर के लिए रवाना किया गया इस दौरान भाजपा पार्षद आलोक दुबे और इरफान सिद्दकी भी मौजूद थे गौरतलब है कि श्री जोगी कल सरगुजा राजमाता स्वर्गीय देवेन्द्र कुमारी की तेरहवीं में शामिल होने अंबिकापुर पहुंचे थे श्रद्वांजलि कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी इसके बाद उन्हें अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां वे रातभर चिकित्सकों की निगरानी में रहे श्री जोगी के पुत्र अमित जोगी ने राजकीय विमान उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया है मात्रभाषा दिवस बच्चों को उनकी मातूभाषा में पढ़ाने के लिए प्रदेश की सभी प्राथमिक शालाओं में सत्ताईस फरवरी तक अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में सुकमा जिले में तोंगपाल शासकीय हाईस्कूल पोटाकेबिन के विद्यार्थियों को निबंध और लोकगीत के माध्यम से मातृभाषा के बारे में जानकारी दी गई इसी जिले के छिंदगढ़ गांव के स्कूल में भी बच्चों ने स्थानीय भाषाओं में गीत और कविताओं का पाठ किया वहीं भंडाररास कन्या आश्रम में बुजुर्गो को आमंत्रित कर उनके माध्यम से बच्चों को स्थानीय भाषा में कहानियां सुनाई गई मौसम पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव हुआ है इससे कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बूंदा बांदी हुई है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के कोरिया बलरामपुर सूरजपुर और जशपुर जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ ओले पड़ने की चेतावनी दी है वहीं बिलासपुर बलौदाबाजार जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिलों में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है

इसमें उद्योग मंत्री कवासी लखमा शामिल हए

जशपुर जिले में आज तम्बाकू के दुष्परिणामों से लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई इस रैली में स्कूली बच्चे नर्सिंग की छात्राएं और गणमान्य नागरिक शामिल हुए